राज्य में अरुणाचल ईस्ट संसदीय सीट के छह मतदान बूथों तथा अरुणाचल वेस्ट निर्वाचन क्षेत्रों के तेरह मतदान बूथों पर पुनर्मतान होगा संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राज्य के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कांकी दारांग ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने ग्यारह अप्रैल को इन बूथों पर हुए मतदान में गड़बड़ी पाई थी और इस महीने की बीस तातीख को सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक प्रनर्मतदान कराने का आदेश दिया है

इस चरण में ग्यारह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में पंचानवें निर्वाचन क्षेत्रों में मदतान होगा इस चरण में तमिलनाडु में अड़तीस कर्नाटक में चौदह महाराष्ट्र में दस उत्तरप्रदेश में आठ असम बिहार और ओडिसा में पांच पांच छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में तीन तीन जम्मू कश्मीर में दो तथा पूद्दचेरी और मणिपुर में एक एक सीट के लिए वोट डाले जायेंगे राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने कल एक गरीब मजदूर की छह वर्षीय बच्ची का ईटानगर के राजकीय प्राथमिकी विद्यालय में दाखिला कराया साथ ही उनके नाम पर दस हजार रुपये का फिक्स डिपोजिट भी किया राजभवन से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी बच्चों को शिक्षा की अवधारण के प्रबल समर्थक राज्यपाल ने अपने नीजि खाते से दस हजार रुपए का चैक दिया और उनके अनुग्रह पर ही एस बी आई अधिकारी ने बच्ची के नाम पर फिक्स डिपोजिट खाता खोला इस खाते की आय बालिका को तब उपलब्ध होगी जब वह अटठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगी राज्यपाल ने लोगों से खासतौर से जन प्रतिनिधियों वरिष्ठ अधिकारियों और आर्थिक रुप से सक्षम लोगों से राज्य के गरीब बच्चों के स्कूली शिक्षा के लिए अपना सहयोग देने की अपील की है राज्य के प्रलिस महानिदेशक एस बी के सिंह ने कहा कि दो हजार चौदह अटठारह के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बीस प्रतिशत से अधिक वृद्धि के साथ राज्यभर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में एक लाख से अधिक मामले लंबित है ये बात श्री सिंह ने कल ईटानगर में देरा नातुंग राजकीय महाविद्यालय में महिलाओं की सुरक्षा पर आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में कही उन्होंने बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने के अलावा महिला पुलिस अधिकारी को जांच अधिकारी के रुप में प्रयोग किया जाता है कार्यक्रम में देरा नात्रंग राजनीय महाविद्यालय ओजू कल्याण संघ और कई स्वयं सहायता समूहों से सौ से ज्यादा महिलाओं और किशोरियों ने भाग लिया भारतीय रिजर्व ने गवर्नर शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर वाले पचास रुपये के नये नोट जारी कर दिए है इन नोटों का डिजाइन महात्मा गांधी के चित्र वाले नई श्रृंखला के पचास रुपये के नोटों के बिल्कुल समान है बैंक ने कल मुंबई में एक बयान में स्पष्ट किया कि पहले से जारी पचास रुपये के नोट भी प्रचलन में रहेंगे उच्चतम न्यायालय ने कल वह याचिका सुनवाई के लिए मंजूरी कर ली जिसमें मुस्लिम महिलाओं को नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश की अनुमति मांगी गई है न्यायमूर्ति शरद बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में पूणे के एक दंपति द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया न्यायालय का कहना था कि वह केरल के शबरीमला मंदिर मामले में अपने फैसले को देखते हुए इस मामले पर विचार करने को तैयार है सुनवाई के दौरान न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से यह जानना चाहा कि क्या विदेशों में महिलाओं को मस्जिद में जाने की अनुमति है इसके जवाब में याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को मक्का की पवित्र मस्जिद और कनाड़ा की मस्जिदों में भी जाने की अनुमति है